उन्होंने उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए सहयोग देने का आग्रह किया मुख्यमंत्री गत देर रात सोलन जिला के बद्दी में बददी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ की रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है उद्योग प्रदेश में न केवल लारवों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि करोड़ों रूपये के करों के रूप में प्रदेश के खजाने में भी योगदान दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमियों को उत्तम वातावरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है इसी का नतीजा है कि प्रदेश को ईज़ ऑफ डुईंग रिफॉर्मस में फास्ट मूवर्स की श्रेणी में पहला स्थान मिला है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं का आहवान किया है कि वे अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें ताकि वह भविष्य में देश व प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें राज्यपाल सोलन जिला के कंडाघाट में राजकीय महिला बह तकनीकी संस्थान में छात्राओं अध्यापकों और अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अनुशासन व समर्पण के साथ ही शिखर पर पहंचा जा सकता है उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सफलता प्राप्त करने का यही मूल मंत्र है राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से महापुरूषों का जीवन चरित्र पढ़े और इससे प्रेरणा लें उन्होंने छात्रों व शिक्षकों से स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का भी आहवान किया

राज्य निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं

धर्मशाला और पच्छाद दोनों ही स्थानों पर राजकीय महाविद्यालयों को मतगणना केन्द्र बनाया गया है राफ़िटंग पर्यावरण संरक्षण और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबंधित खेल संस्थान मनाली का चार दिवसीय रीवर राफिटंग अभियान आज मनाली से आरंभ हुआ वन व खेल मंत्री गोबिंद ठाक्र ने इस दल को मनाली के बाहण् पुल के पास हरी झंडी दिखाई और स्वयं भी पतली कूहल तक राफ्टिंग कर इन जांबाजों का हौसला बढ़ाया

गोबिंद ठाक्र ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाए हैं उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश अब रीवर राफिटंग में देशभर में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है और विश्व राफिटंग एसोसिएशन ने अगले वर्ष मनाली में प्रथम एशियन राफिटंग चैम्पिनशिप के लिए हरी झंडी दे दी है

इससे किसानों की आर्थिकी प्रमुख रूप से मजबूत होगी राम स्वरूप शर्मा आज कृषि विज्ञान केन्द्र सुंदरनगर द्वारा निहरी क्षेत्र के बदैहन में आयोजित एक दिवसीय किसान गोष्ठी व मेले में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे सुंदननगर के विधायक राकेश जमवाल इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सपना था कि देश में गरीबों व असहायों के उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए जाएं इस सपने को पूरा करने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार अन्तोदय की भावना से काम कर रही है

दौड़ को ज़िला पुलिस अधीक्षक मध्य सुदन शर्मा ने ठोडो मैदान में हरी झंडी दिखाई उन्होंने बाद में हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया मध्य सूदन शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस हाफ मैराथन का उददेश्य लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना था ताकि विकट परिस्थितियों में लोग हालात को संभाल सकें और जोखिम को कम किया जा सके